और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी हो रही है ब्रंदाबांदी

भगोड़े गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है मुंबई पुलिस की एक टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से ये गिरफ्तारी की है मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे ने बताया कि लकड़ावाला को पटना से मुंबई लाया गया जहां पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया अदालत ने उसे इक्कीस जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है लकड़ावाला जबरन वसूली हत्या के प्रयास और दंगा करने के कई मामलों में वांछित था वह कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह का सहयोगी रह चुका था

इनमें से तीन सौ नवासी अदालतें केवल पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए उन जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां सौ से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं विधि मंत्रालय ने कहा है कि इन अदालतों की स्थापना राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में की जायेगी मंत्रालय ने कहा है कि सात सौ बानवे फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने के लिए चौबीस राज्य और संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पहले ही जुड़ चुके हैं पटना में एक छात्रा के साथ सामूहिक दूष्कर्म के चौथे आरोपी संदीप मूखिया ने आज पटना की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस मामले के एक अन्य आरोपी विनायक सिंह ने भी कल अदालत में आत्मसमर्पण किया था वहीं दो अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने संसद से लेकर पंचायत स्तर तक के चूनावों को एक साथ कराये जाने पर बल दिया है ताकि राजनीति में धन शक्ति को कम करने में आम लोगों को जागरूक किया जा सके श्री नायड् ने आज हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मनी पावर इन पॉलिटिक्स विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे संसद में वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का केंद्रीय बजट पहली फरवरी को और आर्थिक सर्वेक्षण इकतीस जनवरी को पेश किया जाएगा संसद का बजट सत्र इस महीने की इकतीस तारीख से शुरू होगा संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने नई दिल्ली में हुई बैठक में बजट सत्र को दो चरणों में बुलाने की सिफारिश की थी बजट सत्र का पहला चरण इकतीस जनवरी से ग्यारह फरवरी तक होगा जबकि सत्र का दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के माध्यम से अगले तीन महीने में तीन सौ करोड़ रुपये की और खरीद का लक्ष्य रखा है श्री मोदी आज पटना में जेम संवाद को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब तक जेम पोर्टल पर सात सौ चार करोड़ रूपये से अधिक की खरीददारी कर बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी खरीददारी राज्य जेम पोर्टल पुल खाते में राशि जमा करने के बाद ही की जायेगी ताकि भुगतान में परेशानी नहीं हो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि वर्ष उन्नीस सौ छियानवे से अब तक दृष्टि बाधितों और अन्य दिव्यांगों के आरक्षित पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की खंडपीठ ने इस संबंध में मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले हर घर तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य प्रा कर लिया जायेगा श्री कुमार भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस अवसर पर पांच सौ चौरासी करोड़ रूपये लागत की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इससे पहले श्री कुमार ने बांका के चांदन डैम के निरीक्षण भवन का उद्घाटन और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया मुंगेर जिले में पूलिस ने दियारा क्षेत्र में चल रहे एक मिनीगन फैक्ट्री का खूलासा किया है पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में अर्द्वनिर्मित पिस्तौल बंदूक और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किये गये हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भाजपा द्वारा आज लगातार पांचवें दिन सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया इस सिलसिले में पार्टी सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने आरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने दरभंगा और मध्रबनी तथा पार्टी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सीवान जिले के मदारपुर बाजार में जनसभाओं को संबोधित किया पार्टी नेताओं ने लोगों को इस कानून के विषय में जानकारियां देते हुए कहा कि यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है सीतामढ़ी में भी अधिनियम के समर्थन में पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया कानून के समर्थन के लिये भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सघन हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी ब्रंदाबांदी हो रही है सबसे अधिक पटना में पंद्रह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान जहानाबाद भभुआ एकंगरसराय ललबगिया घाट खोदाबंदपुर गढ़ी रामनगर बिहपुर रोसड़ा और जमुई में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के ऊपर चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अरब सागर से हवा के साथ नमी आ रही है जिसके प्रभाव से बारिश की स्थिति बनी हुई है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल भी आसमान में बादल छाये रहेंगे शनिवार से मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी इधर आज आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा सबौर के बाद डिहरी छपरा और दरभंगा सबसे ठंडे स्थान रहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा दो हजार उन्नीस के कला संकाय की टॉपर रोहिणी रानी का दिल्ली में सड़क हादसे में निधन हो गया वे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्रा थी पूर्व मध्य रेलवे के बछवाड़ा जंक्शन पर सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा सोनपुर मंडल के रेल प्रबंधक एके गुप्ता ने स्टेशन के निरीक्षण के बाद बताया कि यहां नये यार्ड की स्थापना की जायेगी साथ ही चार अतिरिक्त रेल लाईन और दो प्लेटफार्म भी बढ़ाये जायेंगे गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के पोखरा के पास चार की संख्या में आये अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रूपये लूट लिये विरोध करने पर अपराधियों ने केन्द्र संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया वहीं सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के वसंत बाजार रिथित तीन दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली कटिहार जिले के पूलिस अधीक्षक विकास कुमार ने हसनगंज के थानाध्यक्ष कृत्यानंद को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है समस्तीपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद का उनके पैतृक गांव चकनूर में निधन हो गया शिवहर जिले के पूरनहिया पुलिस ने बागमती नदी के अदौरी घाट के पास से आठ सौ दस बोतल देशी शराब जब्त की है अररिया सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया परिजनों का यह भी आरोप है कि इलाज के नाम पर अस्पताल में मौजूद बिचौलियों ने दस हजार रूपये भी लिये थे खगड़िया में आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले की शुरूआत हुई है इस मेले में विभिन्न कंपनियां युवक और युवतियों को ऑन द स्पॉट नियोजन पत्र उपलब्ध करा रही हैं

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी हो रही है बूंदाबांदी